कांगड़ा जिले के परागपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि पंचायतों में मूलभूत ढांचा मजबूत करने सहित हर सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार पर्याप्त धनराशि व संसाधन मुहैया करवा रही है उद्योग मंत्री ने स्वच्छता अभियान प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्यो की समीक्षा भी की उन्होंने कहा कि पौधरोपण स्वच्छ भारत और कूड़ा संयंत्र के कार्य मनरेगा के तहत किए जाने चाहिए बिक्रम ठाकुर ने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

आयोग की अध्यक्ष वंदना ठाकुर ने बिलासपुर में एक बैठक में बताया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों की रक्षा संवर्धन व बचाव करना है उन्होंने बाल विकास अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण कर बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए उन्होंने बाल मजदूरी व बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए समय समय पर जागरूकता शिविर लगाने पर भी बल दिया अभियान नाहन क्षेत्र के राजकीय विद्यालय जमटा में एक दिन स्कूल के नाम अभियान के दूसरे चरण का उपायुक्त आरके परूथी ने आज शुभारम्भ किया इसके तहत जिले के विभिन्न स्कूल परिसरों में विद्यार्थियों द्वारा पॉलिथीन एकत्रित किया जाएगा इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों में इधर उधर कूड़ा फेंकने की आदत में बदलाव लाया जा सके

अवकाश प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग ने फिर बदलाव किया है

गृहिणी सुविधा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा जिले के पुखरी और चोली में मुफ्त रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाए शुरू की हैं उन्होंने लोगों से राजनीतिक विचारधारा से उपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया पैंशन न्यू पैंशन स्कीम के विरोध में कर्मचारियों ने आज चम्बा व सोलन में प्रदर्शन किए इस दौरान कर्मचारियों ने चम्बा शहर में रैली निकाली और सरकार से पुरानी पैंशन बहाल करने की मांग की न्यू पैंशन स्कीम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल ने सरकार से कर्मचारियों को पुरानी पैंशन के तहत लाने की मांग की ताकि उनमें असुरक्षा की भावना समाप्त हो सके रैली के दौरान सोलन में प्राथमिक अध्यापक संघ के प्रधान सतीश कौशिक ने बताया कि उनकी मांग पूरी न होने तक संघर्ष जारी रहेगा पुरस्कार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय नालंगर के वार्षिक समारोह में विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने आज मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए युवा उत्सव बिलासपुर के लुहण् इंडोर स्टेडियम में आज जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया

रेडक्रॉस मण्डी जिले के जोगिन्दरनगर में उपमण्डल स्तरीय रेडक्रॉस मेले का सांसद रामस्वरूप शर्मा कल शुभारम्भ करेंगे इसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं एसडीएम अमित मेहरा ने बताया कि विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य मनोरंजक गतिविधियां मेले में आकर्षण का केन्द्र रहेंगी इस बीच करसोग में आज यूथ अगेस्ट ड्रग्स विषय पर रेडक्रॉस मेले का आयोजन किया गया इस अवसर पर विधायक हीरालाल ने युवाओं से नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहने का आहवान किया रक्तदान किन्नौर कल्याण मंच ने आज सोलन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया स्थानीय तहसीलदार गुरमीत नेगी ने शिविर का शुभारम्भ किया